नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस डेशबोर्ड से लोगों को देश भर में रेलों के कामकाज की जानकारी मिलेगी श्री गोयल ने कहा कि रेल मंत्रालय को इस डेशबोर्ड के जरिये सुझाव और टिप्पिणियां मिलेंगी जिससे भावी कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी और अन्य माध्यमों से एकत्र सूचना का तभी लाभ मिल सकेगा जब इन आंकड़ों का सही तरीके से विश्लेषण किया जाए श्री गोयल ने कहा कि रेल विभाग की वाईफाई सुविधा देश में बराबर बढ़ रही है और इसी के जरिये रेल दृष्टि से उपयोगी जानकारी प्राप्त् होगी जल संरक्षण जागरूकता जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि मीडिया जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधार में जल की अहम भूमिका है श्री गडकरी ने कहा कि जल संरक्षण के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जा रहे हैं श्रद्धांजलि चित्रकूट सतना जिले के चित्रकृट से अगवा दो जुड़वां भाईयों की हत्या के विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सतना में मौन जुलूस निकाला श्री चौहान ने मासूमों को श्रद्वांजलि देते हए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उन्हें भी दंडित किया जाए उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पुलिस तंत्र में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल श्रेयांश और प्रियांश के पिता से फोन पर चर्चा कर भरोसा दिलाया था कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जायेगी

अपहरण के तेरह दिनों बाद कल उनके शव मिलने की घटना के मद्देनजर चित्रकूट में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है वहीं फिरौती के लिए अपहरण की इस घटना के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनमें से एक मुख्य आरोपी चित्रकृट का और शेष पांच उत्तरप्रदेश के बांदा तथा हमीरपुर जिले के निवासी हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और इंदौर के सांवेर से विधायक तुलसीराम सिलावट के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर आज उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मंत्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है श्री सिलावट के निकटतम प्रतिद्वंदी और भाजपा प्रत्याशी डॉ राजेश सोनकर और एक अन्य ने ये चुनाव याचिका दायर की है अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ सोनकर ने श्री सिलावट के निर्वाचन को चुनौती देते हुये आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत जानकारी के साथ अपना नामांकन फार्म जमा किया है आरोप है कि श्री सिलावट ने आवश्यक जानकारी को छ्पाया है

जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने नए जोड़ों को मुबारकबाद दी

उन्होंने सभी वर्गों और समुदायों से आग्रह किया कि इस योजना का लाभ लेकर बेटियों का जीवन सँवारें कौशल रथयात्रा आगरमालवा के प्रधानमंत्री कौषल केन्द्र द्वारा युवाओं को रोजगार मुखी कौषल प्रषिक्षण देने के लिये शुरू की गई कौषल रथयात्रा कल बालिका छात्रावास पहुंची जहां छात्राओं को स्किल साथी और कौषल विकास योजना की जानकारी देकर उनका पंजीयन भी किया गया

जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को अचार और पापड़ बनाने के गुर सिखाये गये